इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय शुरू करेगी कृषि क्लीनिक तथा कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना

जगदलपुर और नारायणपुर में तीन इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने समेकित बाल विकास सेवा के तहत प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुपोषण पर नियंत्रण करने में मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआं की विशेष भूमिका के कारण छत्तीसगढ़ को इस पुरस्कार के लिए चुना है सुपोषण अभियान में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है इस अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिलाओं के क्षमता विकास के साथ साथ समुदाय आधारित गतिविधियों में भी छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है इसके अलावा श्रेष्ठ जिला के रूप में दुर्ग श्रेष्ठ विकासखंड के रूप में कोरबा जिले के करतला को सम्मानित किया जाएगा वहीं श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन पर्यवेक्षक और एएनएम के दल के रूप में सरगुजा जिले के बतौली और दुर्ग जिले के पाटन का चयन किया गया है पुरस्कार के रूप में ढाई लाख रूपये की राशि दी जाएगी केन्द्र तम्बाकू केन्द्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद में संशोधन करते हुए सभी तम्बाकू उत्पादों पर नई स्वास्थ्य चेतावनी अधिसूचित की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नई चेतावनी पहली सितम्बर से लागू हो जाएगी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर जो संदेश छपा होगा वह है तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों की मदद के लिए पैकेटों पर टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक दो तीन पांच छह भी छपा होगा शिक्षक प्रशिक्षण राज्य के शासकीय स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक पढ़ाई के लिए दो लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना बनाई है इसके लिए निष्ठा नाम से पोर्टल भी तैयार किया गया है राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक अभ्यास और मूल्यांकन में मानकों की आवश्यकता है इसी उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत एक आकलन केन्द्र स्थापित किया गया है जो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जिम्मेदार होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में इस केन्द्र की स्थापना और संचालन के लिए अड़तालीस करोड़ रूपये की मंजूरी प्रदान की गई है स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने आकलन केन्द्र के उद्देश्य बताते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक बच्चे के पास शिक्षा के सर्वोत्तम संसाधनों के पहुंच के साथ सीखने के समान अवसर होने चाहिए कृषि क्लीनिक योजना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि स्नातकों और कृषि संकाय से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए कृषि क्लीनिक तथा कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना की शुरूआत की जा रही है इस योजना के तहत इच्छ्क उद्यमियों को पैंतालीस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान हैदराबाद के साथ अनुबंध किया है प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों को कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बीस लाख रूपये का व्यक्तिगत ऋण तथा एक करोड़ रूपये तक समूह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उद्यमियों को ऋण पर परियोजना लागत का छत्तीस से चवालीस प्रतिशत अनुदान भी प्राप्त होगा अमरजीत भगत समीक्षा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परम्परागत् तीज त्यौहारों को संरक्षित तथा संवर्धित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में संस्कृति विभाग के कार्यालय खोले जाएंगे इसके अलावा मंत्री ने अधिकारियों को शिविर लगाकर राशनकार्डों का वितरण करने के निर्देश भी दिए कल रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आगामी एक सितंबर से नए राशनकार्डो का वितरण शुरू हो जाएगा इसके अलावा एपीएल राशनकार्डों का वितरण आगामी दो अक्टूबर से किया जाएगा प्रियंका बिस्सा सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी चौबीस सितंबर को छत्तीसगढ़ की प्रियंका बिस्सा को राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे प्रियंका बिस्सा महिला सशिक्तकरण युवा नेतृत्व स्वच्छता और लैंगिक समानता के क्षेत्र में पिछले करीब दस वर्षो से कार्य कर रही हैं उन्हें एनएसएस की राज्य सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया गया है वे इससे पहले वर्ष दो हजार सत्रह में राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनएसएस कैडेट के रूप में भी सम्मानित हो चुकी हैं हाल ही में उन्होंने चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था

इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में पैंतालीस हजार नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है सदस्यता अभियान में शामिल रायपुर के भाजपा सांसद सुनील सोनी ने बताया कि इस अभियान के लिए तीन सदस्यों का दल बनाया गया है सदस्यता प्रभारी छगन मूंदड़ा ने बताया कि रायपुर जिले में भाजपा के सोलह मंडल हैं इस बार रायपुर से लगभग तीन हजार नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है

जगदलपुर में एक महिला सहित दो माओवादियों ने आज बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षण विवेकानंद सिन्हा और बस्तर के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के समक्ष समर्पण किया ये दोनों माओवादी बस्तर जिले के एलओएस कमांडर रहे हैं बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक ने इन दोनों माओवादियों को दस दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है वहीं नारायणपुर जिले के धौड़ाई थाना क्षेत्र में सक्रिय एक इनामी माओवादी ने बारह बोर की बंदूक के साथ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के सामने आत्मसमर्पण किया इस पर पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था यह माओवादी बयानार एरिया कमेटी का प्रमुख था पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इस माओवादी ने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है उधर बीजापुर जिले में माओवादियों ने आज आवापल्ली से पांच किलोमीटर दूर एक ग्रामीण की हत्या कर दी अपहरण खुलासा दुर्ग से बालक मौलिक साहू का अपहरण करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इनमें से एक आरोपी बालक के पिता का दोस्त बताया गया है दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता ने आज एक पत्रकारवार्ता में बताया कि मुख्य आरोपी राजक्मार साहू मौलिक के पिता चंद्रशेखर साहू का दोस्त है जिसका घर में अक्सर आना जाना था पुलिस के अनुसार राजकुमार ने पैसे के लालच में बच्चे का अपहरण किया था इस घटना में एक महिला भी शामिल थी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है आरोपियों से दो मोटरसाइकिल और घटना के दौरान उपयोग किए गए मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं गौरतलब है कि बीते बीस अगस्त को सुबह दुर्ग के पास धनोरा गांव में रहने वाला साढ़े चार वर्षीय बालक मौलिक साहू का स्कूल वाहन से मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात युवकों ने अपहरण कर लिया था

इस स्पर्धा में सड़सठ खिलाड़ियों का चयन आसनसोल में होने वाली मावलंकर प्रतियोगिता के लिए हुआ है चौदह अगस्त से शुरू हुई यह प्रतियोगिता इक्कीस अगस्त तक चली इस प्रतियोगिता में पच्चीस मीटर पिस्टल में दो पचास मीटर रायफल कैटेगिरी में नौ एयर पिस्टल दस मीटर में ग्यारह और एयर रायफल में तीस खिलाड़ियों का चयन मावलंकर प्रतियोगिता के लिए किया गया है इनमें तेईस महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और मावलंकर ट्रॉफी के लिए शुभकामनाएं दी कांकेर स्वाइन फ्लू कांकेर जिले के चारामा में स्वाइन फ्लू का एक मामला सामने आया है स्वाइन फ्लू की शिकार एक महिला को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है रायपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेएल उइके ने बताया कि कांकेर से आई स्वाइन फ्लू की मरीज के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं साथ ही अस्पताल के उस वार्ड में भी ऐहतियात के तौर पर आवश्यक उपाय करने को भी कहा है ताकि इसका संक्रमण और न फैले

बलौदाबाजार कलेक्टर ने काम में लापरवाही बरतने के कारण दो पटवारियों और एक राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया है वहीं दो तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है